प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ेंगे जबकि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह गुजरात के गांधी नगर से प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी न अरुणाचल प्रदेश की दो संसदीय सीटों के लिए किरेन रिजिज् को अरुणाचल वेस्ट और तापिर गाव को अरुणाचल ईस्ट से अपना उम्मीदवार बनाया है अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनावों में जनता दल यूनाइटेड पहली बार चुनाव लड़ेगी पार्टी के पूर्वोत्तर कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष सेनच्रमो लोथा ने गत बुधवार को राज्य के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश क्रमार के नेतृत्व में पार्टी ने पूर्व विधायक तानी लोफा को ईस्ट कामेंग जिले के सेप्पा वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया है पार्टी ने चार नए चेहरों को भी मैदान में उतारा है जिसमें चायांग ताजो से हायेंग मंगफी आलो वेस्ट से तोपिन एते बोरदुमसा दियुम से डाना ताकियो और बोमडिला विधानसभा क्षेत्र से दोंग्र सियोंजू शामिल है अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बेहिसाब धन के किसी भी कथित गतिविधियों से निपटने के लिए आयकर विभाग ने निगरानी दल तैनात किए है और पूर्वोत्तर के सात राज्यों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए है विभाग ने पूर्वोत्तर के सात राज्यों के हवाई अड़डों में वायु निगरानी इकाई को भी तैनात किया है लोगों द्वारा शिकायत दर्ज करने और आयकर विभाग के साथ संपर्क सुनिश्चित करने के लिए एक ई मेल आई डी और टॉल फ्री नंबर का भी गठन किया गया है निर्वाचन अयोग ने चूनाव के दौरान चूनाव आचार संहिता और खर्चे के उल्लंघन पर रिपोर्ट देने के लिए नागरिकों के लिए सी विजिल नामक मोबाईल एप का शुभारंभ किया सी विजिल सतर्क नागरिकों का प्रतीक है और ये स्वंतत्र एवं निष्पक्ष चूनाव के लिए नागरिकों के सक्रिय एवं जिम्मेदार भूमिका पर बल देता है इस एप्लिकेशन की विशिष्टता यह है कि यह केवल समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए फ्लाइन स्क्वाड के लिए डिजिटल सदस्य सुनिश्चित करने के लिए एप के भीतर से ऑटो लोकेशन कैप्चर के साथ लाइव फोटो और वीडियो की अन्मति देता है इस एप को किसी भी एन्ड्रॉइड स्मार्टफोन में जहां कैमरा अच्छी इंटरनेट कनेक्शन और जी पी एस की सुविधाओं से लैस हो वहां इंस्टॉल कर सकते है जनता चुनाव से जुड़े किसी भी ममले की सीधी शिकायत टॉल फ्री नंबर एक नो पांच शुन्य में कर सकते है आज विश्व जल दिवस है इस अवसर पर ताजा पानी के महत्व और ताजा पानी के स्रोतो के टिकाऊ प्रबंधन के प्रयासों पर बल दिया जाता है इस वर्ष जल दिवस का विषय है कोई वंचित न रहे विश्व जल दिवस मनाने का सुझाव उन्नीस सौ बानवे में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन ने दिया था बाईस मार्च उन्नीस सौ तीरानवें को महासभा ने पहला विश्व जल दिवस मनाया था दक्षिण अफ्रीकी तीन देशों में आपदा लाने वाले चक्रवाती तूफान इदी से मरने वालों की संख्या पांच सौ से अधिक हो गई हैं अधिकारियों के अनुसार पूरी तरह से जलमग्न शहरों और गांवो में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है अनुमान के मुताबिक इस तूफान से दस लाख सत्तर हजार से अधिक लोग प्रभावित हैं जिम्बाब्बे में चक्रवात के एक हफ्ते बाद भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है क्योंकि मुसलधारा बारिश के कारण बांध का जलस्तर बढ़ा हुआ है इससे नदी के किनारे रहने वाली आबादी पर खतरा मंडरा रहा है

भारत ने अब्रधाबी में विशेष ओलम्पिक खेलों में पचासी स्वर्ण एक सौ चौवन रजत और एक सौ उनतीस कांस्य पदक सहित कूल तीन सौ अड़सठ पदक जीते

श्री विक्टर ने बताया कि भारत ने इन खेलों में इतिहास रचा है और विशेष ओलम्पिक में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा आठ दिन तक चले विशेष ओलम्पिक खेलों का कल शाम भव्य समारोह में आतिशबाजी के साथ समापन हुआ अगले विशेष ओलम्पिक दो हजार इक्कीस में स्वीडन में और इसके बाद दो हजार तेइस में बर्लिन में होंगे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 आज का अधिकतम तापमान चौबीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सत्रह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया